उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों और सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को लागू करेगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्रों में हेपेटाइटिस की जांच के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी कार्यक्रम का उद्देश्य हेपेटाइटिस रोगियों की संख्या को कम करना और मृत्यु दर को घटाना है इस कार्यक्रम से करीब पांच करोड़ लोगों को लाभ होगा उधर लोकसभा में चीफ व्हिप और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हेपेटाईटिस से बचाव में जागरूकता की अहम भूमिका है

कार्यशाला प्रदेश विधानसभा द्वारा ई निर्वाचन क्षेत्र मैनेजमेंट विषय पर आज शिमला में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई शिमला शहरी ग्रामीण और कसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्रों के जिला व उपमंडल स्तरीय विभाग प्रमुखों के लिए आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा द्वारा ई विधान कार्यक्रम के माध्यम से देशभर में अनुकरणीय पहल की गई है और अब प्रदेश के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ई निर्वाचन क्षेत्र मैनेजमेंट लागू किया जाएगा इसके तहत ऑनलाईन ई विधान एप्प के माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे साथ ही अधिकारियों को भी विधायक द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे इस अवसर पर बिंदल ने अधिकारियों को ई विधान एप्प के यूजर आईडी और पासवार्ड भी प्रदान किए मध्यस्थता सोलन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोलन किन्नौर सिरमौर और शिमला के प्रशिक्षित मध्यस्थतों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला लगाई गई है अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने बताया कि न्यायालय में बढ़ते दबाव को देखते हुए इस कार्यशाला में मध्यस्थता के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जा रही है उन्होंने कहा कि छोटे मोटे मामलों के अदालत के बाहर ही निपटाए जाने से लोगों को भी सहुलियत होगी भाजपा भाजपा के चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक आज प्रदेश प्रभारी खुशीराम बालनाहटा की अध्यक्षता में शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में हुई बैठक में राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए आवश्यक केंद्रीय प्रबंधन व चुनाव संचालन में पार्टी कार्यकर्ताओं पर दायर होने वाले मुकदमों पर रणनीति और उन पर अमल करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई बस सेवा चंबा ज़िले में किलाड़ चंबा वाया साचपास के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा कल से आरम्भ की जाएगी पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने बताया कि काहड्रनाला भी वाहनों के लिए खोल दिया गया है हालांकि शाम के समय नाले में बढ़ते जलस्तर के मददेनजर उन्होंने वाहन चालकों और राहगीरों से ऐहतियात बरतने की अपील की है मौसम प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने से बारिश का दौर आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है विभिन्न स्थानों पर व्यापक वर्षा से जहां नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन से सौ के करीब सड़क मार्ग अवरूद्व हो गए हैं

खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिलहाल श्रीखंड यात्रा पर रोक लगा दी है

खराब मौसम के चलते प्रशासन ने अगले आदेशों तक किन्नर कैलाश यात्रा पर भी रोक लगा दी है

किन्नौर व शिमला ज़िला प्रशासन ने सतलुज व पब्बर नदियों सहित अन्यों नालों व खड्डों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है उधर सिरमौर जिला में भारी वर्षा बाढ़ और भूस्खलन को देखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवकाश पर न जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत व बचाव कार्य शुरू किए जा सके